इस दल ने कल उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मुलाकात की प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा ने आकाशवाणी को बताया कि अब तक राज्य के दो मजदूरों के शव मलबे से निकाले गए हैं और अन्य की तलाश की जा रही है उन्होंने दताया कि इस आपदा में प्रदेश के साठ लोग प्रभावित हुए हैं जिनमें से तेरह को बचा लिया गया है उत्तराखंड आपदा में प्रदेश के लापता व्यक्तियों के खोज और बचाव के लिए लखनऊ में नियंत्रण कक्ष बनाया गया है परिजन लापता व्यक्तियों का विवरण राहत हेल्पलाइन नम्बर एक शून्य सात शून्य तथा वाट्सऐप नंबर नौ चार पांच चार चार चार एक शून्य तीन छः पर दर्ज करा सकते हैं इस बीच उत्तराखण्ड में सुरंग में फर्से पच्चीस से तीस लोगों को निकालने के लिये चलाये जा रहे बचाव अभियान में बाधा आ रही है क्योंकि सुरंग के अन्दर मलबा जमा है हमारे संवाददाता ने बताया कि सुरंग से मलबा निकालने का काम पूरी रात जारी रहा हालांकि बचाव दल सुरंग में एक सौ बीस मीटर ही दाखिल हो सका सुरंग के रास्ते में भारी पत्थर मिलने से बचाव कार्य में उल्लेखनीय प्रगति नही हो पायी है अब तक कुल बत्तीस शव मिले हैं जिनमें से आठ की पहचान की गयी है स्थानीय प्रशासन आपदा में लापता और मृत लोगों की सटीक संख्या बता पाने की स्थिति में नही है यह आकड़ा एक सौ बानबे से दो सौ चार के बीच हो सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में कोविड के सकिय मामलों में लगातार कमी आ रही है उन्होंने इसे और कम करने के लिए पूरी सतर्कता बरतने के साथ साथ नमूनों की जांच का कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं लखनऊ में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी अस्पतालों में सामान्य स्वास्थ्य सेवाए सुचारू ढंग से संचालित की जाएं यह सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को उपचार कराने में कोई असुविधा न हो मुख्यमंत्री ने कहा कि पीजीआई केजीएमयू और आरएमएल जैसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान पूरी क्षमता के साथ संचालित किए जाएं बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि राज्य में इस समय रेहड़ी और पटरी वालों की कोविड जांच के लिए अभियान चलाया जा रहा है प्रदेश के बत्तीस जिलों में पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोविड नाइन्टीन का एक भी मामला सामने नहीं आया अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में बताया कि राज्य में पिछले चौबीस घंटे में एक सौ छियासठ लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है उन्होंने बताया कि सक्रिय मामलों की संख्या घटकर तीन हजार दो सौ छप्पन रह गयी है प्रदेश में कोविड नाइन्टीन से ठीक होने का प्रतिशत अट्ठानबे दशमलव शून्य एक है राज्य में कल एक दिन में कोविड के एक लाख सत्ताईस हजार नौ सौ बीस नमूनों की जांच की गयी अब तक क्ल दो करोड़ नब्बे लाख चालीस हजार आठ सौ चौबीस नमूनों की जांच की जा चुकी है प्रदेश में करीब दस माह के लंबे अंतराल के बाद छठी से आठवीं तक की कक्षाएं आज से फिर शुरू हुई हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने सभी स्कूलों के प्रशासन से कोविड संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है राज्य सरकार ने इस सम्बंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं विद्यार्थियों और शिक्षकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा कक्षाओं में छात्र छात्राओं के बैठने की व्यवस्था सुरक्षित दूरी को ध्यान में रखते हुए की जाएगी स्कूलों में समय समय पर सैनिटाइजेशन का कार्य भी करना होगा फिलहाल एक दिन में केवल पचास प्रतिशत विद्यार्थियों र्का ही आने की अनुमति होगी विद्यालयों में प्रातःकालीन प्रार्थना समाएं और खेलकूद जैसी सामूहिक गतिविषयों पर रोक रहेगी मिड डे मील के दौरान भी एहतियात बरतना जरूरी होगा स्कूलों के लिए अनिवार्य है कि ये अभिभावकों से बच्चों को स्कूल भेजने की लिखित सहमति लें विद्यार्थियों के लिए स्कूल आना अनिवार्य नहीं होगा और उनके पास घर से आनलाइन कक्षाएं करने का विकल्प होगा वहीं प्रदेश में कक्षा एक से पांच तक के स्कूल आगामी एक मार्च से खुलेंगे आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला प्रदेश में कल अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों का टीकाकरण किया जाएगा राज्य में प्रत्येक ग्रूवार और शुक्रवार को कोविड टीकाकरण किया जा रहा है स्वास्थ्यकर्मियों का टीकाकरण पूर्ण हो जाने पर अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का टीकाकरण शुरू हुआ है अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के टीकाकरण के लिए ग्यारह बारह और अट्ठारह फरवरी की तारीख तय हुई हैं उधर देश में अब तक छियासठ लाख ग्यारह हजार लोगों को कोविड के टीके लगाये जा चुके हैं